मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए कई सुधारों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

श्री मोदी ने कहा कि किसानों की बड़े और अधिक लाभदायक बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा किसान रेल और किसान उडान योजना श्रू की गई है नये कृषि कानूनों को वापस लेने की विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रूकावटों से विकास हासिल करने में कभी श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ही नहीं बल्कि पहले की सरकारों ने भी समय समय पर कृषि क्षेत्र में सुधारों के प्रयास किए हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कृषि क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता के बारे में टिप्पणी का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सुधारों पर विरोधी दलों का यू टर्न केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें पहले ही इस तरह के कृषि सुधारों को लागू कर चुकी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी कुछ क्रांतिकारी सुधार किए जाते हैं तब मतभेद होना स्वाभाविक है देश में हरित क्रांति लागू होने के समय इसी तरह के आंदोलन होने का जिक्र करते हुए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अडिग विश्वास का उल्लेख किया और कहा कि इनसे देश में आधारभूत सुधार हुए प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नए कृषि कानून किसी भी तरह से कृषि उपज विपणन समितियों को कमजोर नहीं करेंगे बाइट मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने अधिक प्रतिस्पर्धी होगी किसान बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए सस्ती राशन योजना भी जारी रहेगी उन्होंने छोटे किसानों के उत्थान के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का आहवान किया प्रधानमंत्री ने रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हुए आगाह किया कि प्रगतिशील सुधारों की राह में बाधाए किसानों को उनके बहुप्रतीक्षित अधिकारों से वंचित करेगी कृषि मंत्री द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों के साथ की गई कई दौर की बातचीत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार अभी और चर्चा के लिए तैयार है बाइट अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबकों आगे बढ़ना चाहिए मैं आप सबकों निमंत्रण देता हूं आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने को लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों विशेष रूप से पंजाब के किसानों को गुमराह किया जा रहा है पंजाब के लोगों की वीरता और बलिदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश पंजाब के लोगों और किसानों का सम्मान करता है हाल ही में कुछ विदेशियों द्वारा आपत्तिजनक कार्यों में लिप्त होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश में एक नये तरीके का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इस काम में सभी के प्रयासों की सराहना की बाइट हमारे कोरोना वॉरियर्स हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स आप कल्पना कर सकते हैं कि जब चारों तरफ भय कहीं किसी से कोरोना आ जाएगा तो ऐसे समय ड्यूटी करना अपनी जिम्मेवारियों को निभाना छोटी चीजों पर गर्व होना चाहिए उनका आदर करना चाहिए और इन सबके प्रयासों को प्रणाम करें कि देश ने आज ये करके दिखाया है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

उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमलीकरण को लेकर व्यापक विचार विमश हो रहा है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना है कि देश के विश्वविद्यालय गुणवत्ता रैंकिंग में सुधार करते हुए सौ तक की रैंक प्राप्त करने के लिये हर संभव प्रयास करे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रदेश के पूर्वी भाग के विकास में रीढ़ की हड्डी साबित होगा इससे नौजवानों को रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे

मुख्यमंत्री आज अयोध्या के मिलकीपर विधानसभा तथा आसपास के क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुल्तानपर पहुंच कर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया और निर्माण एजेंसी यूपीडा तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

उन्होंने एक्सप्रेस वे की तकनीकी विशेषज्ञों के साथ गुणवत्ता भी जांची उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस वे का सुल्तानपुर का क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है जहां पर एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है और इस पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उतारा जा सकता है

राज्य में अब तक लगभग पौने सात लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है इस समय फ्रंट लाइन कर्मियों को कोविड वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है आगामी गुरूवार और शुक्रवार को फ्रंट लाइन कर्मियों को कोरोना की डोज दी जायेगी

प्रदेश देश में सबसे ज्यादा कोरोना टीकाकरण वाला राज्य है

प्रदेश सरकार ने कहा है कि उत्तराखंड के चमोली में हुई आपदा में प्रदेश के लापता व्यक्तियों की खोज और बचाव के लिये लखनऊ स्थित राहत आयुक्त कार्यालय में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है यह कक्ष दिन रात काय कर रहा है